राज्य में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर अड़सठ दशमलव आठ तीन प्रतिशत हो गयी है

देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर छिहत्तर दशमलव छह एक प्रतिशत हो गयी है

भारत में कोरोना महामारी से मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आ रही है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महामारी के नमूनों के परीक्षण में यह नया कीर्तिमान जांच निगरानी और उपचार की रणनीति पर कड़ाई से अमल करने से संभव हो पाया है राज्य सरकार के आदेश पर कोरोनकाल में एक लंबे समय के बाद प्रदेश में मॉल खुलने के साथ बस सेवा कल से चालू कर दी जाएगी जिसको लेकर बस और मॉल प्रबंधकों ने तैयारी शुरू कर दी है इसी क्रम में धनबाद में भी मॉल कारोबारी तैयारियों में जुट गए हैं और पूरे मॉल को अर्च्छ तरीके से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए मॉल को खोला जाएगा

राज्य में रांची हजारीबाग जमशेदपुर बोकारो और धनबाद पांच जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं रांची में परीक्षा के लिए दो केन्द्र तुपुदाना और टाटी सिलवे में बनाए गए हैं समी परीक्षा केन्द्रों को सैनिटाइज कर दिया गया है जहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षार्थियों के बैठाने की व्यवस्था की होगी परीक्षा केन्द्रों पर सैनिटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था की गई है वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि आयकर अधिनियम के तहत इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से हुए लेनदेन पर इस वर्ष पहली जनवरी के बाद वसूले गये शुल्क तुरंत रिफंड करें मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किये गये किर्सो भी लेनदेन पर कोई शुल्क न लगाये मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने इस बारे में पिछले वर्ष तीस दिसम्बर को अधिसूचना जारी की थी अधिसूचना के अनुसार यदि यह लेनदेन रुपे कार्ड भीम यूपीआई यूपीआई क्यू आर कोड और भीम यूपीआई क्यू आर कोर्ड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं लगायेगा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उनसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी परियोजना में अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि रेल के विकास में जमीन अधिग्रहण रूकावट बन रही है श्री गोयल ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद महेश पोद्दार को पत्र लिखकर नए प्रस्तावित रेल जल्द शुरू करने का भी आश्वासन दिया है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वास्थ्य कल और खराब हो गया इस समय वे फेफडों के संक्रमण के इलाज के लिए दिल्ली के सेना अस्पताल भर्ती हैं

सेना अस्पताल की ओर से जारी ताजा मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि श्री मुखर्जी वेंटीलेटर स्पोर्ट पर हैं और कोमा में हैं मस्तिसष्क में खून का थक्का जम जाने के बाद सेना के अस्पताल में दस अगस्त को उनका ऑपरेशन किया गया था

सफदरजंग अस्पताल में श्वसन चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर डॉ नीरज गुप्ता चर्चा में भाग लेंगे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

देवघर के बाबा मंदिर में आज से ऑनलाइन एंट्री पास की सुविधा शुरू हो गई है

जिसके पश्चात मिलने वाले पास से श्रद्धाल दर्शन कर सकेंगे साथ ही एक व्यक्ति चार लोगों के लिए अधिकतम ई पास निर्गत करा सकता है इसके अलावे दिए गए समय के आधे घंटे पहले श्रद्धालुओं को अपना निर्गत पास लेकर मानसिंघी फूट ओवर ब्रिज के समीप पहुँचना होगा ताकि स्वास्थ्य संबंधी मानकों की जांच करते हुए श्रद्वालुओं को ओवर ब्रिज के माध्यम से मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वर्तमान में सिर्फ ई पास निर्गत कराने वाले श्रद्वालुओं को बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की अनुमति होगी

श्रद्दालुओं को स्वास्थ्य संबंधी मानकों का अनुपालन करते हुए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग की जायेगी

आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जे एल मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देशभाल की गुणवत्ता के छह मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है

आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य देखभाल का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें कमजोर वर्ग के लोगों का हर वर्ष पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है गढ़वा जिले में आरक्षी रमेश उरांव के साथ सदर थाना में हई मारपीट के मामले में पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस राव खोतरे ने निष्पक्ष जांच कराने की प्रक्रिया शुरू करते हुए कार्रवाई की है एसपी ने आरोपी गढ़वा सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक लक्ष्मीकांत और परिचारी पुलिस अवर निरीक्षक स्वामी रंजन ओझा को लाइन हाजिर कर दिया है

पहले चरण में ओलम्पिक और पैरा ओलम्पिक खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू कर दिया अभ्यास के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन पूरी तरह से निश्चित किया गया है सभी खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए अलग अलग समय सीमा दी गई है

कल रात इंटरनेट संपर्क बाधित होने के कारण फाइनल मैच नहीं हो सका सर्वर में खराबी के कारण फाइनल में दो भारतीय खिलाड़ियों निहाल सरीन और दिव्या देशमुख का समय समाप्त होने जाने के बाद पहले रूस को विजेता घोषित कर दिया गया था भारत ने इस विवादास्पद निर्णय के खिलाफ अपील की अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अध्यक्ष अरकडी दर्वोकोविच ने दोनों टीमों को स्वर्ण पदक देने का फैसला किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय शतरंज टीम को फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलमपियाड में रूस के साथ संयुक्त रूप स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है संक्षिप्त खबरें पश्चिम सिंहभूम जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना पर ब्राउन शूगर का व्यापार करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है ग्मला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के विलिंगवीरा गांव के पास पुलिस के गश्ती दल ने सीरीज में सड़क पर छुपा कर दबाए गए सात आईईडी बम बरामद किया है